यह अध्यादेश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गया है

जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा दो वर्ष के लिए सांसद क्षेत्रीय विकास निधि स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय की सराहना की है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरें लगाए जाएंगे उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रंस के माध्यम से हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है

ये चारों ज़मात से संबंध रखते है रिपोर्ट पॉजेटिव आने के बाद इन चारों व्यक्तियों को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है

इस बीच विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चुराह विधानसभा में चार कोरोना पॉजेटिव मामले आने पर चिंता जताई है हंसराज ने कहा कि ऐहतियात के रूप में चुराह विधानसभा के कई क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के सम्पर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है हंसराज ने जमात से संबंधित लोगों से स्वयं सामने आने का आग्रह किया है

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी

दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल में चार और पॉजेटिव चारों तबलीगी चम्बा जिला के तीसा क्षेत्र के रहने वाले दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल की मुसीबत बढ़ी चार नए कोरोना पॉजेटिव हिमाचल को राहत नहीं नमूनों की जांच जारी

नेरवा से चार जमाती गिरफ्तार शीर्षक से आप का फैसला ने लिखा है सैंपलिंग व प्राथमिक उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला लाई पुलिस

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल में बाहरी लोगों पर नजर रखी जा रही स्थिति नियंत्रण में है जमातियों ने यात्रियों को बांटी थी मिठाई शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है तबलीगी ज़मात के प्रदेश अध्यक्ष के ख़िलाफ केस पंजाब केसरी की ख़बर है ससम्मान पंचतत्व में विलीन हुए हिमाचल के दो सूरमे शहीद संजीव कुमार व बालकृष्ण